राष्ट्रपति काशी विश्वनाथ मंदिरन में पूजा अर्चना कइ रहल हवें

बिहने राष्ट्रपति श्री कोविंद बनवासी समागम में भाग लेब अउरी सोनभद्र के छपकी में सेवाक्ज आश्रम में अखिल भारतीय बनवासी कल्याण आश्रम के सेवा समिति के नवनिरमित स्कूल अउरी छात्रावास क उद्घाटन करब

सोम्मार के अपने जतरा के तीसरका दिन्ने राष्ट्रपति मीडिया हाउस जागरण फोरम की ओरि से गंगा पर्यावरण अउर भारतीय संस्कृति विषय पर आयोजित कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में भाग लेब

सूचना अउर प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर स्वतंत्रता के पचहत्तरवीं वर्षगांठ से जुड़ल आजादी के अमृत महोत्सव पर परदरसनी क देस के छौ जगहिनि पर आजु वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कइलें

नई दिल्ली में परदरसनी के उद्घाटन के बाद श्री जावड़ेकर कहलें कि स्वतंत्रता सेनानियन के महान बलिदान के बादे देस के आजादी मिलल रहल

येहमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व प्रमुख लोकायुक्त न्यायनूर्ति शम्भू नाथ श्रीवास्तव अउर विशिष्ट अतिथि उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा सामिल भइलें अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में राज्यपाल श्रीमती पटेल कहलिनि कि आज देस में संचार क्रांति के साथे साथे संस्कार क्रांतियो जरूरी है

श्री योगी सिद्वार्थनगर जिला क एक जनपद एक उत्पाद के तहत काला नमक चाउर महोत्सव क उद्घाटनो लखनऊ से वर्चअले माध्यम से कइली